मूंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करने के दौरान धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा राज्य सभा में एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए श्री शाह ने कहा कि जब भी देश भर में नागरिक रजिस्टर बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी सभी धर्मो के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नागरिकता संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के बीच कोई संबंध नहीं है

उस वक्त आसाम के अंदर भी एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जायेगी और इसमें मैंने फिर स्पष्ट कर देता हूं कि किसी की किसी भी धर्म के लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है इस सारे लोगों को एनआरसी के अंदर समाहित करने की व्यवस्था है ही है मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने उनतीस बंद्रक दो रायफल समेत बड़ी संख्या में हथियार बरामद किये हैं मौके से चार हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी मनु महाराज ने बताया कि विशेष टीम की कार्रवाई में पकड़े गये लोगों के पास से बड़ी संख्या में कारतूस भी बरामद किये गये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों के जीवनस्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है योजना के तीन वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि सभी को आवास उपलब्ध कराने की योजना से करोड़ों लोगों का सशक्तिकरण हुआ है उन्होंने कहा कि घर का मतलब केवल चार दीवारें ही नहीं होता बल्कि यह लोगों के सपनों और आकांक्षाओं के पूरा होने का स्थान होता है संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज लोकसभा को आश्वासन दिया कि सरकार बीएसएनएल के पुनरूद्धार और इसे लाभदायक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है

एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए केन्द्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय की प्रक्रिया अठारह से चौबीस महीनों में पूरी होने की संभावना है उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन को मंजूरी दे दी है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ईफ्फी आज गोवा के पणजी में शुरू हो गया इस अवसर पर आयोजित एक भव्य समारोह में देश और विदेश से फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया महोत्सव का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया उन्होंने कहा कि भारत ने फिल्मों के जरिए विश्व में अपनी पहचान बनाई है उन्होंने कहा कि भारतीय फिल्मों को विश्वभर में पसंद किया जाता है श्री जावड़ेकर ने कहा कि एक ही छत के नीचे देश में फिल्मों की शूटिंग की अनुमति देने की व्यवस्था की गई है इस अवसर पर जाने माने अभिनेता रंजनीकांत को आईकॉन ऑफ जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया समारोह में केन्द्रीय मंत्री बाबूल सुप्रियो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे तथा फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन मौजूद थे इस अवसर पर फ्रांस की जानी मानी अभिनेत्री ईसाबेल हुपर्ट को लाइफटाइम एचीवमेंट प्रस्कार से सम्मानित किया गया ईफ्फी के पचासवें संस्करण के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र बाईस नवम्बर से शुरू हो रहा है अठाईस नवम्बर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल पांच बैठकें होंगी विधानसभा के सत्र के शांतिपूर्ण और सुचारू संचालन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने आज सर्वदलीय बैठक की श्री चौधरी ने सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की इधर सत्र के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिये गए जिलाधिकारी कुमार रवि और वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक ने पुलिस बल को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये है पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल एनएमसीएच में आज पांचवें दिन भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है इमरजेंसी सेवा और ओपीडी का संचालन हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने पूरी तरह से ठप कर दिया है जिस कारण मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है भागलपूर जिले में बाल यौन दूर्व्यवहार मामलों की सुनवाई के लिये गठित विशेष पोक्सो अदालत ने बिहपुर के झंडापुर थाना क्षेत्र में तिहरे हत्याकांड और दुष्कर्म मामले में चार लोगो को चार अलग अलग धाराओं में उम्र कैद की सजा सुनाई है ये मामला पच्चीस नवम्बर दो हजार सत्रह का है दोषियों ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद नाबालिग की मां बाप और उसके भाई की हत्या कर दी थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की चौबीस तारीख को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का यह उनसठवां संस्करण है इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में जलवायु के अनुकूल कृषि कार्य योजना का शुभारंभ किया इससे बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति में फसल उत्पादन और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी पहले चरण में राज्य के आठ जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से चयनित चालीस गांवों में इस योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा श्री कुमार ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए फसल चक्र में बदलाव करना होगा जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम की योजना का कार्यान्वयन बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया डॉ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय प्रसा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पटना द्वारा किया जायेगा इस अवसर पर बांका जिले के रजौन प्रखंड के उपरामा गांव में भी कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी गयी दरभंगा झंझारपुर रेलखंड पर मंडन मिश्र हॉल्ट से झंझारपुर के बीच ट्रेन परिचालन के लिये आज त्वरित गति से ट्रेन परिचालन का परीक्षण किया गया हाल ही में इस रेलखंड पर आमान परिवर्तन का कार्य पूरा किया गया है रेल अधिकारियों ने कहा है कि रेलवे बोर्ड अध्यक्ष से स्वीकृति मिल जाने के बाद इस मार्ग पर सवारी गाड़ी का परिचालन शुरू कर दिया जायेगा रेल पूलिस उपमहानिरीक्षक उमाशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्रेनों और रेलवे प्लेटफार्मों पर होने वाले अपराध पर नियंत्रण के लिए कुछ पुलिस पोस्ट को थाने का दर्जा दिया जाएगा श्री प्रसाद ने भागलपुर रेल थाने के निरीक्षण के दौरान संवाददाताओं को बताया कि सुल्तानगंज को रेल थाना और कहलगांव को पुलिस पोस्ट बनाया जाएगा साथ ही बांका स्टेशन पर भी पुलिस पोस्ट खोला जाएगा गया जिले में एक दिसम्बर से झारखंड बिहार सीमा पर स्थित क्षेत्रों में अभियान चलाकर अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया जायेगा इसे लेकर आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक टीएन सिंह ने बाराचट्टी में अधिकारियों के साथ बैठक की नवादा पुलिस ने समाहरणालय के पास दिन दहाड़े गोलीबारी करने वाले दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है पकड़े गये अपराधी चंदन कुमार और कारू कहार के पास से गोलीबारी में इस्तेमाल देशी पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया है गौरतलब है कि कल हुई इस वारदात में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गये थे बेगूसराय के तेघड़ा नगर पंचायत की मुख्य पार्षद नसीमा खातून और उप मुख्य पार्षद मुकेश कुमार सिंह ने व्यक्तिगत कारणों से अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है पटना जिला के सैकड़ों निर्माण मजद्रों ने आज ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन एआईसीडब्ल्यूएफ के आह्वान पर और ऐक्ट् से सम्बद्ध बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन के बैनर तले जिलाधिकारी के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन किया शेखपुरा में मद्य निषेध के विशेष नयायाधीश मोहम्मद गयासुद्दीन ने शराब पीने के जुर्म में एक व्यक्ति को पचास हजार रूपये का जुर्माना लगाया है

मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद